किसानों के कौशल विकास पर भी दिया जोर

बैंकर्स समिति वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने बैंकों से फ्लैगशिप योजनाओं पर विशेष रूप से काम करने को कहा है उन्होंने कहा कि बैंकिग सिस्टम को प्रदेश के गांवों तक पहंचाना है

बैठक में बैंकों द्वारा बताया गया कि वित्तीय साक्षरता शिविरों के माध्यम से जनसाधारण को खातों में आधार सीडिंग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अटल पेंशन योजना डिजिटल ट्रान्जेक्शन आदि के संबंध में निरंतर जागरूक एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है समापन समारोह केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि देश के विकास में किसानों की भूमिका महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि किसानों का विकास करने के लिए कौशल विकास पर जोर देना होगा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज के समय में आय आधारित खेती करने की जरूरत है ताकि किसानों को उनकी उपज का सीधा लाभ मिल सके समन्वित खेती करने पर जोर देते हुए श्री सिंह ने कहा कि जल्द ही विश्व बैंक की सहायता से एक संस्थागत विकास परियोजना देश में लाई जाएगी जो कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायक होगी इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने किसान मेले में लगे स्टालों और प्रदशर्नियों का निरीक्षण भी किया विकास केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि भारत पिछले कुछ सालों से उच्च विकास दर पर है और विकास की गति को तेज करने के रास्ते पर चल रहा है श्री जेटली ने आज नई दिल्ली में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईआईबी की तीसरी वार्षिक बैठक के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया उन्होंने कहा कि ब्नियादी ढांचे का विकास सरकार की प्राथमिकता है पर्दाफाश कोटद्वार पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर बड़ी कामयाबी हासिल की है आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है

अपर पूलिस अधीक्षक डॉ हरीश वर्मा ने बताया कि होली के त्योहार को देखते हुए अभियुक्त इन नकली नोटों को कोटद्वार में चलाने वाले थे

भ्रामक सचना पिथौरागढ़ जिले में टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगामी एक मार्च को यातायात बंद रहने की अफवाह को जिला प्रशासन ने गलत बताया है जिलाधिकारी ने बताया कि यातायात बंद रहने संबंधी सूचना पूरी तरह से भ्रामक है और राष्ट्रीय राजमार्ग को किसी प्रकार से बंद किये जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नही है उन्होंने आम जनता से इस प्रकार की भ्रामक सूचनाओं का संज्ञान न लेने की अपील की है जिलाधिकारी ने कहा है कि इस प्रकार की गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

श्रीमती ईरानी ने कहा है कि इन पुस्तकों में सरकार की योजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों की प्रामाणिक जानकारी है

उन्होंने कहा कि इस प्रस्तक से लोगों को लाभ होगा विशेषकर अन्संधानकर्ता और छात्रों को मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने इस पुस्तक को अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशित किया है

इसमें जंगल युद्ध आतंक निरोधक लड़ाई और आपदा मोचन गतिविधियों से जुड़ा प्रशिक्षण शामिल है नेपाल के रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने कल सूर्य किरण नेपाल भारत संयुक्त र्सेन्य अभ्यास शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि यह दोनों देशों की सेनाओं के बीच होने वाला एक नियमित सैन्य अभ्यास है पिछले साल यह अभ्यास काठमांडो में हआ था उदघाटन महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आज बागेश्वर जिले के सरस मार्केट में जिले की पहली सैनिटरी नैपकिन उत्पादन इकाई का उदघाटन किया इस यूनिट में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा सैनेटरी नैपकिन बनाई जायेगी यूनिट के माध्यम से प्रतिदिन एक हजार सैनेटरी पैड का निर्माण होगा और एक पैड की कीमत तीन रुपए होगी इस अवसर पर श्रीमती आर्या ने कहा कि देश में सेनिटरी नैपकिन का मुद्दा महिलाओं के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है आज भी महिलाएं सेनेटरी नैपकिन का इस्तेमाल न करने के कारण कई बीमारियों का शिकार हो जाती हैं

शांति व्यवस्था गढवाल परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक पृष्पक ज्योति ने रेन्ज के सभी जिला प्रभारियों को होली पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पूरी तरह सजग रहने के निर्देश दिए हैं

एक बयान में पुलिस उपमहानिरीक्षक ने कहा कि त्यौहारों में नशीले पदार्थो आदि का सेवन करने का भी दृष्प्रचार है जिसके कारण आपसी विवाद और वाहन दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है उन्होंने सभी जिला प्रभारियों को निर्देश दिये हैं कि थानों पर उपलब्ध त्यौहार रजिस्टर का अवलोकन कर इस पर्व पर विगत में हई घटनाओं की समीक्षा की जाए और होली के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास किए जाए पुलिस उपमहानिरीक्षक ने होली के दिन मिश्रित आबादी वाले स्थानों धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की नियुक्ति करने के निर्देश भी दिए हैं बोर्ड परीक्षा उत्तराखण्ड बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं को लेकर शासन तैयारियों में जुटा है परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो इसे लेकर सभी जिला प्रशासन अपने क्षेत्रों में परीक्षाओं के सफल संचालन की तैयारियां कर रहे हैं इसी क्रम में आज परीक्षाओं की तैयारियों के संबंध में रूद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने शिक्षा विभाग को शान्तिपूर्वक परीक्षा सुनिश्चित कराने के लिए सभी व्यवस्थाए द्वरुस्त रखने को कहा जिलाधिकारी ने सभी प्रधानाचार्यो और केन्द्र व्यवस्थापकों को परीक्षा केन्द्र में फर्नीचर पेयजल विद्युत और शौचालय की व्यवस्था सुचारू बनाये रखने के निर्देश दिए

परीक्षा के लिए प्रदेशभर में एक हजार तीन सौ नौ परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं तैयारी गर्मियों के मौसम में पेयजल समस्या से निपटने के लिए रूद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने अधिकारियों से गर्मियों के दौरान जिले में पेयजल समस्या से निपटने के लिए अभी से कार्ययोजना तैयार करने को कहा है उन्होंने जल संस्थान और जल निगम को संयुक्त टीम बनाकर गर्मियों के दौरान पेयजल की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए जिलाधिकारी ने कहा कि गर्मियों के दौरान जिन स्थानों में पानी का संकट बना रहता है वहां टैंकर के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जाएगी उन्होंने दिन के समय आम लोगों को पानी उपलब्ध कराने और रात में होटलों लॉज और अन्य व्यवसायिक संस्थानों में जल आपूर्ति करने को कहा ताकि रोस्टर के हिसाब से सबको पानी मिलता रहे और कोई अव्यवस्था पैदा न हो निर्देश वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में जारी की गई धनराशि का अधिक से अधिक उपयोग करने के निर्देश दिए हैं देहरादून में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में श्री पन्त ने अधिकारियों को स्वीकृति के सापेक्ष भौतिक प्रगति का लक्ष्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि अधिकारी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ जनता तक पहुंचाना सुनिश्चित करें श्री पन्त ने कामगार महिलाओं को पण्डित दीन दयाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा कोष से लाभान्वित करने के लिए कॉरपस फंड बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाने के निर्देश भी दिए खड़ी होली पर्वतीय क्षेत्रों में खड़ी होली की शुरूआत हो चुकी है चम्पावत के खर्ककार्की चौड़ासेठी जूप पटवा शक्तिपुर कनलगांव त्यारकुड़ा मादली आदि गांवों में चीर आरोहण के साथ ही होली गायन शुरू हो गया है कल पूर्ण विधि विधान और रीति रिवाज के साथ होल्यारों और पुजारियों ने चीर बंधन कर होली गायन का क्रम शुरू किया